इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने रानीताल में जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने और राजकीय महाविद्यालय तक्कीपुर का नाम राजकीय अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय करने की घोषणा की

वे आज ऊना ज़िला कोटलाकलां स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में बाबा बाल से आर्शीवाद लेने के बाद एक जनसभा में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने करोड़ों रूपये की मदद दी है ताकि लोगों को लाभ मिल सके

इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं ट्वीटर पर उन्होंने कहा कि रेडियो जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और अब लोग फोन पर भी रेडियो सुन सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि रेडियो दूरदराज के गांवों खेतों या जंगलों में भी एकमात्र सहारा है उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के कारण रेडियो अधिक लोकप्रिय हो गया है जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो से संगीत के अलावा सूचनापरक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में आज भी लोग रेडियो को महत्व देते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर यकीन करते हैं प्रदर्शनी प्रधानमंत्री रोजगार सुजन योजना के तहत प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को हाथ का हुनर मिला है इसी के तहत सोलन में राज्य स्तरीय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें लाभार्थी अपने उत्पाद बेच रहे हैं खादी ग्रामोद्योग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में लाभार्थियों द्वारा बनाए गए मफ्लर टोपी शॉल और सदरी सहित सभी तरह के उत्पाद रखे गए हैं प्रदर्शनी में जहां लोगों को हाथ से बनाया सामान उचित दामों पर मिल रहा है वहीं उत्पाद बनाने वालों को एक बिक्री मंच उपलब्ध हुआ है

कुल्लू के दुर्गा सिंह ठाकुर ने युवाओं के लिए इस योजना को बेहद मददगार बताया

ये बैठक सूचना व प्रसारण मंत्रालय के चण्डीगढ़ रीजन की अप्पर महानिदेशक देव प्रीत सिंह की अध्यक्षता में होगी इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और परिपालन के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी

प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी इक्डोल की वैबसाईट पर उपलब्ध है धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर कांग्रेस की बयानबाजी को बेतुका बताया है समीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि दो बार के चुनाव में कांग्रेस के वोटों में भारी गिरावट पर पार्टी को बयानबाजी के बजाए चिंतन करना चाहिए धूमल ने कहा कि भाजपा सरकारें काम करवाने में विश्वास रखती है लेकिन कांग्रेस नेता केवल बयानबाजी करते हैं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

नमस्कार